भारतीय रेलवे पैरामेडिकल संवर्ग में भर्ती का सबसे बड़ा अभियान चलाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के साथ समझौता करने वाला देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना

पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने की अनुमति देने की घोषणा की है इसके लिए तौर तरीके तय किए जा रहे हैं पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान में बताया कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने देगा

इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से तपेदिक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की है और इसे लागू किया जा रहा है डॉ हर्षवर्धन ने मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए भी आवश्यक उपाय अपनाने की बात कही भारतीय रेलवे आज से पैरामेडिकल संवर्ग में भर्ती का सबसे बड़ा अभियान चलाएगा एक हजार नौ सौ तेइस पदों के लिए यह भर्ती अभियान कंप्यूटर आधारित होगा और तीन दिन तक चलेगा भारतीय रेल का यह पहला ऐसा भर्ती अभियान है जिसमें योग्य उम्मीदवारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करने के लिए कहा है

यह पहल जेम पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीददारी को और अधिक बढ़ावा देगा और इससे इस माध्यम का और अधिक विस्तार होगा राज्य में नगरीय निकायों के खाली पडे पदों पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है

अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी

उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है संगठित गिरोह बनाकर प्रदेश में कई चिकित्सको को शेयर मार्केट में निवेश करवाने के नाम पर करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है इनमें एक महिला भी शामिल है एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने जयपुर में बताया कि पिछले दिनों एसओजी में चिकित्सकों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग संगठित गिरोह बनाकर चिकित्सकों के साथ ऋण दिलवाने के नाम पर ठगी कर रहे है इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और आरोपियों को जयपूर से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार आरोपी भी पेशे से चिकित्सक है पुलिस आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पुछताछ कर रही है

इस मौके पर आज सुबह मदन मोहन जी मंदिर में महाआरती और रन फोर रैली का आयोजन किया गया

जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक अनूठी पहल की है

इसकी शुरूआत आबू रोड से दस जून को हई थी